मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से हो रहा है

निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए है दिव्यांगजन के लिए मतदान केन्द्रों पर रैम्प की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है इस बीच सीकर के नीम का थाना में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के कारण मतदान देरी से शुरू हुआ

इधर जालोर जिले के भीनमाल के दो वार्डो में और जालोर में एक वार्ड में निर्विरोध प्रत्याशी चुने जाने के बाद यहां मतदान नहीं कराया जा रहा है बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चार मतदानकर्मियों को मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित पाये जाने के कारण निलंबित कर दिया अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार राज्य के अधिकांश जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की सिफारिशों के आधार पर इस गठन को मंजूरी दी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक के दौरान श्री बिरला सदन के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी रविवार को ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है सत्र से एक दिन पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है

राज्य में आगामी एक जनवरी के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त प्रनरीक्षण कार्यक्रम अगले महीने चलाया जाएगा

जिले के करणवा में खेत में काम कर रहे एक किसान की कूएं में गिरने से और देवगढ में एक बच्चे की सांप के डसने से मौत हो गई

झुंझुनूं जिले में आबकारी विभाग और पुलिस ने आज सुबह संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित अवैध शराब के दो ट्रक जब्त किए है ये ट्रक हरियाणा से गुजरात ले जाए जा रहे थे जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दोनों ट्रको के चालक को गिरफ्तार किया गया है

पुलिस सूत्रों के अनुसार जाडन जोधपुर सडक मार्ग पर एक जीप पलट जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस को जीप की तलाशी में अवैध रूप से ले जाया जा रहा डोडापोस्त मिला

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है राज्य में सर्दी जोर पकडने लगी है राज्य के कई स्थानो पर बीते दिनों वर्षा होने से मौसम में सर्दी का एहसास होने लगा है श्रीगंगानगर में आज सुबह बरसात होने से तापमान में गिरावट आ गई है जिले में कल दिनभर हल्की बरसात का दौर चला